राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गंगा और हिमालय संरक्षण को समय की मांग बतायाकहा हिमालय के पर्यावरण की चिंता करना पूरे विश्व का दायित्व और रामनगर के रीठा क्षेत्र में जड़ीबूटी की खेती से समृद्ध हो रहे हैं किसानहर्बल चाय से ग्रामीण महिलाओं को हो रहा मुनाफा स्लग फार्मा क्लस्टर सपोर्ट केंद्रीय लघ् एवं मध्यम उद्योग के अपर सचिव और विकास आयुक्त राम मोहन मिश्रा ने देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात कर फार्मा क्लस्टर सपोर्ट पर चर्चा की उन्होंने कहा कि प्रदेश में फार्मा उद्योगों को केन्द्र की ओर से हर सम्भव सहयोग दिया जायेगा अपर सचिव एमएसएम ई ने राज्य के दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में लघ् उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सोशल वेंचर फण्ड स्थापित करने पर भी चर्चा की और इस फण्ड में मुख्य सचिव से राज्यांश का प्रस्ताव रखा

इस अवसर पर पुरानी तकनीक वाली औद्योगिक इकाईयों के तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए प्रदेश में इन्टरप्राइजेस क्लिनिक स्थापना पर भी चर्चा हई अपर सचिव एमएसएमई ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट सेन्टर जल्द खोला जाएगा जिसमें उद्यमियों को तकनीकी अपग्रेडेशन और नये उद्यमियों को उद्योगों के प्रति जागरूकता पैदा करने की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में लाने के लिए क्लस्टर विकसित करने में केन्द्र से सहयोग का भी आश्वासन दिया

उन्होंने राज्य में संचालित ग्रामीण विकास की केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से चर्चा की मुख्यमंत्री ने राज्य और पर्यावरण के हित में पिरूल एकत्रीकरण कार्यक्रम को महात्मा मनरेगा में सम्मिलित करने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत द्वितीय किस्त की धनराशि निर्गत करने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रथम के तहत किये जा रहे विभिन्न कार्यों की डीपीआर के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया स्लग मशरुम अल्मोड़ा में पलायन रोकने और स्व रोजगार बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती पर जोर दिया जा रहा है उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय भी इस दिशा में कार्य कर रहा है विश्वविद्यालय के कुलपति एच एस धामी ने बताया कि आवासीय विश्वविद्यालय के छात्र मशरूम की नई प्रजातियों पर भी कार्य कर रहे हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी हैं

साथ ही मशरूम की बिक्री के लिए ग्रामीणों को बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है

अब कोई भी वाहन चालक यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हए पाया गया तो वो अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिड कार्ड से चालान का भुगतान कर सकता है एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि उधम सिंह नगर में कैशलेस की पहल शुरू की गई है इससे वक्त भी बचेगा और वाहन चालक के चालान के बारे में जानकारी भी आसानी से मिल पाएगी उन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी इसकी जल्द शुरुआत की जायेगी वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम की सराहना की है स्लग बैठक अल्मोड़ा अल्मोड़ा के प्रभारी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण समिति की बैठक में जिले में चल रही कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई उन्होंने बैठक में बैंकिंग सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया जिले में लगातार घटते ऋण जमा अनुपात प्रतिशत पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिये कि वे अगली तिमाही तक ऋण जमा अनुपात प्रतिशत को बढ़ाना सुनिश्चित करें इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना सामाजिक बीमा योजनाएं वार्षिक ऋण योजना बैंक ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना आदि की समीक्षा की गई

उन्होंने कहा कि हिमालय के पर्यावरण की चिंता करना सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का भी दायित्व है

उन्होंने कहा कि जनसंपर्क और मीडिया लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता हैं जनसंपर्क जनता की भावनाओं और समस्याओं को जानने का साधन भी है राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में जनसंचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के सुझाव पर विचार करने की बात कही राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्मेलन के विषय वस्त के अनुरूप गंगा की स्वच्छता की शपथ भी दिलाई इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रकाश पंत भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि अच्छे जनसंपर्क अधिकारी समाज के ट्रेण्ड को पहचान कर संवाद की दिशा तय करते हैं उन्होंने कहा कि जनसंपर्क समाज को जागरूक करने का माध्यम है श्री पंत ने कहा कि हिमालय और गंगा की थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना सराहनीय कदम है स्लग नैनीताल किसान पर्वतीय क्षेत्र के किसान जड़ी बूटी की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं रामनगर के रीठा क्षेत्र के किसान जड़ी बूटी के उत्पादन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं किसानों की कोशिश है कि वे अपने उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकें ताकि उनके उत्पादों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले हरेंद्र और दीपा ऐसे ही किसानों में से हैं वे कई किस्म की जड़ी ब्रटियों का उत्पादन कर रहे हैं इसके साथ ही हर्बल टी भी तैयार कर रहे हैं

किसान दीपा बताती हैं कि उन्होंने इस कार्य में गांव की अन्य महिलाओं को भी जोड़ा है

किसान हरेंद्र और दीपा बाजार की मांग के अनुरूप पारंपरिक खेती कर रहे हैं और अपने साथी किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गये हैं

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हई बैठक में मुख्य सचिव ने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में उन योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं जो धन की कमी के कारण अध्री हैं उन्होनें हरिद्वार के चिकित्साधिकारियों एएनएम आशा कार्यकत्री स्वास्थ्य में सांख्यिकी अधिकारी के रिक्त पदों की मांग पर स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने योजनाओं की भौतिक प्रगति की भी समीक्षा की साथ ही उन्होंने बची धनराशि का जल्द से जल्द उपयोग करने के भी निर्देश दिये स्लग रं महोत्सव पिथौरागढ़ में रं जनजाति के लोग अपनी लोक संस्कृति को संजोने के लिए हर दो वर्ष के अंतराल पर रं महोत्सव का आयोजन करते हैं महोत्सव में शामिल होने के लिए हर वर्ष इस जनजाति के लोग यहां इकट्ठा होते हैं रं जनजाति के संरक्षण के उद्देश्य से ही रं कल्याण संस्था का गठन किया गया था तब से रं महोत्सव ध्रमधाम के साथ मनाया जा रहा है रं महोत्सव में लोग अपने पारम्परिक अंदाज में नजर आते हैं गीत संगीत और पहनावे के साथ अपने विशिष्ट खान पान का स्वाद लेते हैं इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रं समुदाय के लोगों को सम्मानित भी किया जाता है रं जनजाति काली गौरी और धौली नदी के बीच स्थित व्यास चौदांस और दारमा घाटी में निवास करती आयी है सीमा से लगे नेपाल के चार गाँव भी ऐसे हैं जहां रं समुदाय के लोग रहते हैं और महोत्सव में शिरकत करते हैं

एयर मार्शल सिन्हा ने यूनिट का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की